मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए फेसमास्क और हैंड सेनेटाइजर का नियमित उपयोग करने का आग्रह भी किया

अंतरराष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने हिमाचल को ये पुरस्कार प्रदान किया

दिशा निर्देश केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों से होली बिहू ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने इस संबंध में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए कोरोना प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है

इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार नमो एप या माईगोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं और अब एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी को लेकर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है फिर बढ़ रहा कोरोना सीएम ने लॉकडाउन जैसी सख्ती के दिए संकेत पंजाब केसरी ने लिखा है लॉकडाउन की आवश्यकता पड़ी तो जानकारी देंगे दैनिक जागरण की सुर्खी है कोरोना पर एक दो दिन में उठाएंगे सख्त निर्णय दिव्य हिमाचल और हिमाचल दस्तक के लगभग एक जैसे शब्द हैं जरूरत पड़ी तो प्रदेश में दोबारा लगेगा लॉकडाउन अजीत समाचार का कहना है हिमाचल में लगा सकते हैं लॉकडाउन डेमोकेसी हिमाचल के अनुसार हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों की करेंगे समीक्षा सख्ती बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रैगिंग का आरोप दैनिक जागरण की एक खबर है जबकि दिव्य हिमाचल ने लिखा है नेरचौक मेडिकल कालेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा से रैगिंग का मामला पंजाब केसरी का शीर्षक हैं नेरचौक मेडिकल कालेज में प्रशिक्षु डाक्टर से रैगिंग अमर उजाला ने लिखा है नेरचौक मेडिकल कॉलज में प्रथम वर्ष की छात्रा से रैगिंग

तपेदिक नियंत्रण में हिमाचल देशभर में अव्वल दैनिक जागरण की एक खबर है दिव्य हिमाचल के शब्द हैं टीबी उन्मूलन में हिमाचल सबसे आगे